प्रधानमंत्री ने कहा अटल सुरंग लाहौल स्पीति सहित लेह लद्दाख के लिए खोलेगी विकास के नए द्वार मुख्यमंत्री के अनुसार लाहौल घाटी में पर्यटन कृषि और बागवानी गतिविधियों को नई दिशा देगी अटल टनल प्रदेश भर में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अटल टनल लोकार्पण के ऐतिहासिक पल का गवाह बने लोग अटल टनल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का विधिवत उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सिस् में जनसभा को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुरंग निर्माण में सीमा सड़क संगठन और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की उन्होंने कहा कि अटल सुरंग न केवल लाहौल स्पीति में बल्कि लेह और लद्दाख के लिए भी विकास के नए द्वार खोलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुरंग सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मेकिंग ऑफ अटल टनल रोहतांग पर चित्र गैलरी और सुरंग के दक्षिण छोर पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे पर आधारित राज्य सरकार की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया

इस अवसर पर अटल सुरंग रोहतांग पर एक लघ् फिल्म भी प्रदर्शित की गई संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार रोहतांग हिमाचल प्रदेश पीएम सोलंग इस बीच प्रधानमंत्री ने सोलंग नाला में भी जनसभा को संबोधित किया अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मनाली के समीप सोलंग में भी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि अटल टनल के साथ हिमाचल के लिए कई सौगातें दी गई हैं

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना सहित अन्य कई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है संजीव सुंद्रियाल के साथ रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला अटल टनल रोहतांग के उदघाटन अवसर पर सिसू में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल सुरंग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्क भी सुनिश्चित होगा ये सुरंग सशस्त्र सेनाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जोड़े रखने में सामरिक लाभ प्रदान करेगी

उन्होंने कहा कि अब लाहौल घाटी में पर्यटन कृषि और बागवानी गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को जल्द पूरा करने में गहरी रूचि दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह शिक्षा मंत्री गाविंद ठाक्र विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे सीधा प्रसारण अटल टनल रोहतांग के उदघाटन समारोह की कवरेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी इसके तहत प्रदेशभर में लोगों ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा

प्रदेशभर में लोगों ने सामाजिक दूरी और फेस मास्क का प्रयोग कर ऐतिहासिक समारोह को देखा पंचायत स्तर पर भी समारोह का सीधा प्रसारण किया गया और लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने लोगों के अनुसार इस टनल के बनने से पर्यटन गतिविधियों को बढावा मिलेगा और सामरिक दृष्टि से भी देश की सेना के लिए ये सुविधाजनक रहेगी वहीं लाहौल स्पीति ज़िले के लोगों ने सुरंग के शुभारम्भ के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया उन्होंने कहा कि सर्दियों में रोहतांग दर्रा बंद होने से भारी परेशानी होती थी लेकिन अब सुरंग के बन जाने से उन्हें लाभ होगा निश्चित रूप से इस सूरंग से अब लाहौल घाटी में कृषि और पर्यटन के क्षेत्रों में नई क्रांति आएगी केलंग से कुंदन लाल के साथ रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला नड्डा प्रतिक्रिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है नड्डा ने कहा कि इस सुरंग के शुभारम्भ से प्रदेश में विकास के एक नए अध्याय की शुरूआत हई है